जनजातीय इलाकों में दूसरे दिन भी रूक रूक कर हिमपात जारी खराब मौसम को देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की सलाह

ये अनुसमर्थन प्रदेश विधानसभा के आज शिमला में बुलाए गए एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान किया गया

इससे पूर्व विधानसभा सचिव ने इस संशोधन विधेयक के अनुसमर्थन में राज्यसभा के संयुक्त सचिव से प्राप्त पत्र के दस्तावेजों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखी

उन्होंने कहा कि जितनी गंभीरता से अनुसूचित जाति व जनजाति पर हो रहे अन्याय के विषयों पर चर्चा की जाती है उतनी ही गंभीरता से उन्हें सुलझाने का प्रयास किया जाए तो आरक्षण बढ़ाने की जरूरत ही नहीं रहती

इसलिए आज का सत्र बुलाया गया है उन्होंने सदस्यों से संविधान संशोधन विधेयक पर सार्थक चर्चा का आहवान करते हुए कहा कि वे विस्तृत अभिभाषण बजट सत्र के आरम्भ में देंगे

उन्होंने कहा कि इस संशोधन का मुख्य उद्ेश्य समाज में राजनीतिक अधिकारों में समानता लाना है

अग्निहोत्री ने दावा किया कांग्रेस ने हमेशा ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है

इसी के चलते आरक्षण को आगे बढ़ाना जरूरी है अग्निहोत्री ने कहा कि राजनीतिक भागीदारी में इस आरक्षण के चलते ही समाज को इन वर्गों से बहुत से नेता मिले हैं हालांकि इसके बावजूद अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भेदभाव की घटनाएं चिंता जनक हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने अनुसूचित जाति से केवल एक ही विधायक को मंत्री बनाया गया है जो इस वर्ग के साथ अन्याय है

उन्होंने कहा कि सरकार ने एक ही साल में राज्यपाल के दो अभिभाषण तय कर विधानसभा की परम्पराओं को तोड़ा है चर्चा में हिस्सा लेते हुए कृषि रामलाल मारकंडा ने कहा कि ये प्रस्ताव सिर्फ अनुसमर्थन के लिए विधानसभा में आया है न कि चर्चा के लिए उन्होंने इस संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री द्वारा किन्तु परन्तु लगाए जाने पर आपत्ति जताई कांग्रेस के हर्षवर्धन चौहान ने आरक्षण को कांग्रेस की उपलब्धि करार देते हुए कहा कि ये प्रणाली सिर्फ भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ही है जबकि पड़ौसी देशों में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों को लेकर आज भी देश में हालात इतने अच्छे नहीं है जितने होने चाहिए इसलिए आज भी आरक्षण जरूरी है उन्होंने कहा कि सभी को अनुसूचित जाति के लोगों के हालात सुधारने के लिए अपना सामजिक दायित्व निभाना चाहिए विधानसभा उपाध्यक्ष ने प्रदेश में जाति आधार पर भेदभाव की घटनाओं पर चिंता जताते हुए प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ग के उत्थान के लिए उठाए जा रहे कदमों की सराहना की

केंद्रीय गृह मंत्री अमितशाह की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हई राष्ट्रीय समिति की बैठक में ये स्वीकृति दी गई

उन्होंने कहा कि प्रदेश को पिछले दो वर्षो में मॉनसून से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ती के लिए केंद्र से एनडीआरएफ के तहत सर्वाधिक सहायता मिली है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आगामी बजट के लिए विधायक प्राथमिकताएं निर्धारित करने के उदेश्य से आज शिमला में आयोजित सोलन सिरमौर और शिमला ज़िलों के विधायकों के साथ हुई बैठक में ये जानकारी दी

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से किसानों व बागवानों की आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार होगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे

इस अवसर पर सभी ज़िलों के विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित विकास योजनाओं को अगले वित्त वर्ष के बजट में शामिल करने का आग्रह किया बैठक में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल और मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी व विभागा अध्यक्ष मौजूद रहे

जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में बर्फबारी से सभी सड़कें अवरूद्ध हैं चंबा जिले में बर्फबारी से चंबा पठानकोट वाया जोत और चंबा खजियार सहित कई अन्य मार्ग अवरूद्ध हैं जिन्हें खोलने के प्रयास जारी हैं ज़िले के निचले क्षेत्रों में भारी वर्षा के चलते नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है ऐसे में उपायुक्त विवेक भाटिया ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है उन्होंने बताया कि बर्फबारी से प्रभावित बिजली व यातायात व्यवस्था को जल्द सुचारू बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों को खासतौर पर पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने और बर्फबारी वाले क्षेत्रों की तरफ न जाने की अपील की है उन्होंने विभिन्न सड़कों पर लहासे व पत्थर गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को पहाड़ी की तरफ वाहन पार्क न करने की सलाह दी है

जिला प्रशासन ने भारी बर्फबारी की चेतावनी को देखते हुए लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है सिरमौर ज़िले में वर्षा व बर्फबारी के चलते प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतते हुए चूड़धार मंदिर सहित अन्य ऊंचाई वालें इलाकों में न जाने का आग्रह किया है इधर राजधानी शिमला सहित प्रसिद्व पर्यटन स्थल कुफरी नारकंडा व फागू में भी दिनभर रूक रूक कर हिमपात का क्रम जारी रहा हिमपात के कारण ऊपरी शिमला की तरफ यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है

हालडा मारकंडा लाहौल स्पिति जिले में सर्दियों के मौसम में त्यौहारों व उत्सवों का दौर आरम्भ हो जाता है इनमें हालडा उत्सव घाटी के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग समय पर मनाया जाता है

इस अवसर पर कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने घाटी की खुशहाली व समृद्धि की कामना करते हुए लोगों को हालडा उत्सव की बधाई दी है